धर्मशाला में मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना की हुई शुरूआत मनाली से रोहतांग के बीच हैली टैक्सी सेवा शूरू कुल्लु दशहरा सात दिन तक चला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज भगवान रघुनाथ की रथयात्रा और लंका दहन की रस्म पूरी होने के बाद सम्पन्न हो गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रथयात्रा की अगुवाई की इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया मेले के समापन के बाद भगवान रघुनाथ जी सुल्तानपुर स्थित अपने मंदिर में लौट आए हैं हजारों की संख्या में लोगों ने भगवान रघुनाथ जी के रथ को रस्से से खींचा अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता संजीव सुन्द्रियाल कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारम्परिक रीति रिवाज व श्रद्वा के साथ सम्पन्न हो गया मेले के अंतिम दिन भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकाली गई जिसे हजारों की संख्या में लोगों ने रस्से से खींचा मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने रथयात्रा की अग्वाई की भगवान रघ्नाथ जी को रथ में बिठाकर देव वाद्य यंत्रों की ध्वनों के बीच लंका दहन के लिए ले जाया गया और ये रथ यात्रा ढालपुर में सम्पन्न हुई बाद में भगवान रघुनाथ जी को पालकी में बिठाकर उनके सुल्तानपुर स्थित मंदिर में ले जाया गया

इस अवसर पर भगवान रघुनाथ जी के प्रथम सेवक महेश्वर सिंह और राज परिवार के अन्य सदस्य पारम्परिक वेशभूषा में उपस्थित थे

और इसका भूगतान दीवाली पर किया जाएगा

इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदेश के सभी पात्र लोगों को पहुंचाया जा रहा है वनमंत्री गोबिंद ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित अन्य गणमोन्य लोग भी इस मौके मौजूद रहे कुल्लू से आशीष शर्मा के साथ मैं संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला आभार प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने तीन फीसदी महंगाई भता देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा जिले के शाहपुर में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में बताया कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं और मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है महिला सुरक्षा केन्द्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन के मामले के निपटारे के लिए संस्थागत ढांचे की जांच के लिए मंत्री समूह का गठन किया है केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष होंगे जबकि केन्द्रीय मंत्री नितीन गडकरी निर्मला सीतारमन और मेनका गांधी को भी इसमें शामिल किया गया है ये समूह तीन महीने के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा और अन्य अपेक्षित उपायों की सिफारिश भी करेगा कांग्रे स आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी छोटी बड़ी राजनैतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है भाजपा द्वारा सभी चार संसदीय क्षेत्रों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं जबकि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आज शिमला में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की और रणनीति पर विचार विमर्श किया रजनी पाटिल ने कहा कि प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष बदलना कांग्रेस हाईकमान का काम है और इस पर हाईकमान द्वारा ही विचार किया जाएगा

इसके तहत युवाओं को सशक्त करने के लिए व्यापार साहसिक पर्यटन और पारम्परिक हस्तशिल्प जैसे व्यवसायों में स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने पुलिस मैदान में राष्ट्रीय सारस मेले का उदघाटन भी किया

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के अक्षैणा में जनसुनवाई करने के बाद एक जनसभा में ये जानकारी दी

परमार ने कहा कि युवाओं को स्वावलम्बी बनाने और उन्हें स्वरोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं है ली टैक्सी मनाली से रोहतांग के बीच आज से हैली टैक्सी सेवा शुरू हो गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हैली टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोहतांग जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए ही ये सेवा शुरू की गई है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थलों पर हैली टैक्सी सेवा शुरू करने की बात कही

और इसके लिए सरकार निजी विमानन कम्पनी की सेवाए ले रही है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि हैली टैक्सी सेवा शुरू होने से मनाली में पर्यटन गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा

शिमला में आज राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के समन्वय से ये शिविर लगाए जाने चाहिए मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के सभी तीन मण्डल स्तरों पर वितीय साक्षरता कार्यशालाएं लगाई जाएंगी राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वामी दयानन्द के मिशन को आगे बढ़ाने पर बल दिया है नई दिल्ली में आज से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती एक महान विचारक व सुधारक थे और उन्होंने महिला सशक्तिकरण शिक्षा के अधिकार और समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया राज्यपाल ने कहा कि स्वामी दयानन्द ने सामाजिक ब्राईयों का जोरदार विरोध किया इस महा सम्मेलन का उदघाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया बिंदल केन्द्रीय पर्यावरण व जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से नाहन में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण व वन्य जीव फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है

सुरेश भारद्वाज शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि स्वच्छता और शिक्षा में उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए सामुदायिक सहभागिता से एकजुट प्रयास किए जा रहे हैं मण्डी में आज स्वच्छता व सामूदायिक सहभागिता पर एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि मण्डी जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर सबसे स्वच्छ पाठशाला जिला श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है जिसके लिए जिला प्रशासन के अलावा स्कूल और इससे जुड़े लोग बधाई के पात्र हैं सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय वरिष्ठ माध्यभिक स्कूलों में एक सेनेटरी नेपकिन डिस्पें सर मशीन स्थापित की जाएगी

सुहागिनें आभूषणों व हार श्रृंगार की वस्तुओं की जमकर खरीददारी कर रही हैं इस बीच राज्य पर्यटन विकास निगम ने करवाचौथ पर अपने होटलों में विशेष पैकेज देने की घोषणा की है

राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति उप योजना के तहत चलाए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं सिरमौर जिले के राजगढ़ में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में उपयोजना के तहत इस वित्त वर्ष में एक सौ एक करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं सैजल ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए रमेश ध्वाला राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला ने प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन पर बल दिया है उन्होंने आज शिमला में कहा कि भ्रष्टाचार व रिश्वत पर अंक्श लगाने के लिए निरन्तर प्रयासों की जरूरत है ध्वाला ने कहा कि सरकार में फिजूलखर्ची समाप्त करने और आय के साधन बढ़ाना प्राथमिकता होनी चाहिए जनजातीय आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष अनसुइया उईके ने अधिकारियों को जनजातीय समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं का संचालन प्रभावी ढंग से करने को कहा है चम्बा में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने जनजातीय समुदाय के विकास संबंधी योजनाओं की जानकारी ली अनसुइया उईके ने किसानों को मटर का घटिया बीज मिलने की शिकायत पर इसकी जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर भी इस मौके मौजूद रहे